श्री मोदी ने कहा भारत में किसी भी सार्थक परिवर्तन में युवाओं और नारी शक्ति की भूमिका अग्रणी रही है

स्लग स्वच्छता ही सेवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पखवाड़े भर के स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया दो अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य साफ सफाई के काम में लोगों का सहयोग जूटाना और स्वच्छता अभियान को और सशक्त बनाना है ताकि गांधीजी के स्वच्छ भारत का सपना पूरा किया जा सके इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों स्कूली बच्चों दुग्ध और कृषि सहकारी समितियों सदगुरू जग्गी वासुदेव श्री श्री रविशंकर अभिनेता अमिताभ बच्चन उद्योगपति रतन टाटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई स्वच्छा ग्रहियों और लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा कि स्वचछता को आदत बनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले शुरू किया गया स्वच्छता आंदोलन अब चरम पर है श्री मोदी ने बताया कि कि स्वच्छता भारत अभियान से देश में डायरिया के रोगियों की संख्या काफी कम हो गयी है स्लग स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा का आज प्रदेश में भी शुभारंभ हुआ रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में केंद्रीय पेयजल मंत्री उमा भारती और प्रदेश के पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्बोधन सुना इस अवसर पर सुश्री उमा भारती ने कहा कि सशक्त नागरिकों से ही सशक्त देश का निर्माण होता है उन्होंने कहा कि ओडीएफ के साथ ही अब सुन्दर गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें चयनित क्षेत्र में बागवानी के साथ ही गली मौहल्लों को स्वच्छ किया जाएगा जनपद में गौरीकृण्ड को सुन्दर गांव बनाने के लिए दूसरे पायलेट प्रोजेक्ट के रूप चिन्हित किया गया है वहीं प्रदेश के पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान के लिए निकले हैं इस मौके पर मौजूद लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन एक घंटे सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता की प्रतिबद्धता व्यक्त की पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के जौलजीबी के मुख्य बाजार से केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजट टम्टा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान श्रू किया उन्होंने कहा कि आज पूरा देश इस अभियान को सफल बनाने में एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है उन्होंने लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घर के साथ साथ आस पास के क्षेत्रों और गांवों को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और पॉलीनीथ का उपयोग पूरी तरह से बंद करने की अपील की हरिद्वार में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने पंतद्वीप की साफ सफाई में श्रमदान किया श्री कौशिक ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की कड़ी में स्वच्छता ही सेवा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदेशभर में कार्यक्रम संचालित किया जाएगा इसते अंतर्गत दो अक्टूबर गांधी जयंती तक शासन और प्रशासन के स्तर पर व्यापक और प्रभावी रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा उधर टिहरी में भी स्वच्छता अभियान का असर नजर आया विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि साफ सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता आयी है

उत्तरकाशी में अभियान की शुरुआत ग्राम सभा गवाणा में जिलाधिकारी डा आशीष चौहान ने की इस मौके पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को स्वच्छता की अहमियत समझाते हुए कहा कि सभी को अपनी सोच बदलकर स्वच्छता मुहिम में शामिल होना चाहिए इस मौके पर ग्रामीणों को जैविक और अजैविक कचरे के लिए दो दो कूड़ेदान वितरीत किए गए स्लग अतिक्रमण देहरादून शहर में फूटपाथों गलियों सड़कों और अन्य जगहों पर किये गये अवैघ निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की उन्होंने बताया कि कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए प्रेमनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है

इसके बाद खाली हुई जगहों पर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने फ्टपाथ नाली ऑनरोड पार्किंग वेंडर जोन विकसित करने का काम किया जाएगा उन्होंने बताया कि शहर से अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों के पुनिर्निर्माण का काम बरसात खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा

उधमसिंह नगर के दिनेशपुर के व्यवसायियों ने भी इस योजना का लाभ उठाते हए अपना काम आगे बढ़ाया और अब पहले से ज्यादा कमाई कर रहे हैं मुरारी तरफदार और विपुल मंडल ने अपनी द्कान के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन लिया

दिनेशप्र के बैंक ऑफ बडौदा के शाखा प्रबंधक राधेश्याम नौटियाल के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन एक अच्छी स्कीम है कई लोगों ने लोन लिया है अब वो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं और आराम से किस्त भी चुका रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर लोगों का अनुभव काफी अच्छा है इस योजना का लाभ उठाकर छोटे व्यवसायी अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है

इस युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी और भारतीय सेनाएं एक साथ मिलकर पर्वतीय जटिल परिस्थितियों में काउन्टर इंसर्जेसी और काउन्टर आतंकवाद के साथ लड़ने का अभ्यास करेंगे

संयुक्त युद्धाभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां रणनीतिक तकनीकि कार्रवाई और ऑपरेशनल अन्भवों को एक दूसरे से साझा करेंगे

इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने आकर्षक झांकियां निकाली वहीं पिथौरागढ से आये छोलिया दल ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी

बालेश्वर मंदिर में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा गौरतलब है कि मां नंदा सुनंदा को कुमांऊ के चन्द शासकों की कुल देवी माना जाता है अल्मोड़ा नैनिताल के साथ चम्पावत में भी यह महोत्सव हर साल मनाया जाता है

जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के आयोजन किये जाएंगे

इसके अलावा गोपेश्वर से धिंघराण तक माउंटेन साइकिलिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा